देशभर में मतगणना केंद्रों पर स्रक्षा के व्यापक प्रबंध

आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के प्रमाणिक और ताजा परिणाम देने के लिए किए हैं व्यापक प्रबंध उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी नागरिकों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान देने का किया है आह्वान सत्रहवीं लोकसभा के गठन के लिये देशभर में लोकसभा की पांच सौ बयालिस और चार राज्यों आंध्रप्रदेश ओडीसा सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश की विघानसभा चुनावों की मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गयी है पांच सौ बयालिस सीटों के लिए आठ हजार से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तमिलनाड् में वेल्लोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान धन बल के उपयोग के कारण रद्द कर दिया गया है प्रत्येक विवानसभा क्षेत्र में किसी भी पांच मतदान केन्द्रों के ई वी एम के बोटों को वी वी पैट पर्चियों से मिलान किया जायेगा इस कारण चुनाव परिणामों की घोषणा में देरी हो सकती है परिणाम देर शाम तक मिलने की आशा है निर्वाचन आयोग के अनुसार डाक से प्राप्त मत पत्रों की गणना पहले होगी वीवीपैट मशीनों की पर्वियों की गिनती अंत में होगी इस बीच ई वी एम की गणना से संबंधित शिकायतों के लिए नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो चौबीसों घंटे काम करेगा इसका नंबर है शून्य एक एक दो तीन शून्य पांच दो एक दो तीन प्रदेश की अस्सी लोकसभा सीटो के लिए मतगणना का कार्य शुरू हो गया है सभी मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः आठ बजे से प्रदेश के सतहत्तर मतगणना केन्द्रों पर वोटो की गिनती का काम जारी है हर मतगणना केन्द्र पर स्ट्रांग के सभी तालों को राजनीतिक दलों के उम्मीदवारो या उनके प्रतिनिधियों और चुनाव आयोग के पर्यवेद्वकों के सामने खोला गया

हाल ही में ईवीएम को लेकर फैलाये गयी अफवाहों के मद्देनजर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने जिलों में पुलिस अधिकारियों को सख्त सुरक्षा इंतजाम बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं मतगणना केन्द्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यक्स्था के तहत केन्द्र के अंदरूनी हिस्से में केन्द्रीय बलों को और बाहरी हिस्सों पर पीएसी और राज्य स्तरीय पुलिस को तैनात किया है आगरा उत्तरी और निधासन विधानसभा के लिए मतो के गिनती का काम भी आज ही हो रहा है आज कई दिग्गजो के किस्मत का फैसला होना है जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता और देश के प्रधानपंत्री नरेन्द्र मोदी कॉप्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई वर्तमान और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वाराणसी में हो रही मतगणना के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के कारण इस संसदीय सीट पर प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि प्ररी दृनिया के निगाहें लगी हई हैं

कांग्रेश के उम्मीदवार अजय राय यहां श्री मोदी के खिलाफ दूसरी बार मैदान में हैं समाजवादी पार्टी ने सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में शालिनी यादव को मैदान में उतारा है

आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से में मुल्तान सिंह यादव लोकसभा चुनाव में पहली बार सैन्यकर्मी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाक मत का उपयोग किया गया है निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने आकाशवाणी से विशेष मेंट में कहा कि सूचना तकनीकी के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने दो करोड़ नये मतदाताओं को शामिल किया है करीब इसमें लगभग एक घंटा लगता है एक ईवीएम के एक वीवीपेंट की स्लिप को गिनने के लिए तो लगभग पांच घंटे लगने चाहिए अगर बहुत तेजी से करेगा तो चार घंटे और धीरे से करेंगे तो छह घंटे लगेंगे तो ऐसे अगर आप देखंगे तो चार से पांच घंटे का अंतर और पड़ेगा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के रूझान और परिणाम की जानकारी देने के लिए एक नई वेबसाइट श्रू की है

लोकसभा सचिवालय ने नये सासंदों को दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट और इसके नवनिर्मित एनेक्सी भवन के साथ ही विभिन्न राज्यों के भवनों में ठहराने की व्यवस्था की है लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस संबंध में सभी निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि वे नवनिर्वाचित सांसदों को इसकी जानकारी दे दें केंद्र ने राज्य सरकारों को आज हो रही मतगणना के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिंसा की घटनाओं के प्रति सतर्क किया है गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी है

उन्होंने बताया कि सुगम बाघा रहित और पारदर्शी मतगणना के लिये समी ज़रूरी और प्रभावी बंदोबस्त किये गये हैं इस बीच निर्वाचन आयोग ने परिणामों की घोषणा के बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी नागरिकों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है कल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविता दिवस के अवसर पर एक ट्वीट संदेश में नायड् ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व को बताए उन्होंने कहा कि प्रद्षण जलवायु परिवर्तन और हरित क्षेत्र का नुकसान जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है स्थिति को ठीक करने के लिए लोगों को तेजी से काम करना चाहिए

रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञाप्ति में कहा है कि मिसाइल ने सतह पर अपने लक्ष्य को भेदने से पहले निर्घारित पथ का अनुसरण किया प्रदेश में अवैघ खनन और निकासी पर प्रमावी नियंत्रण के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों को खनन पट्टा धारकों द्वारा खदान की निकासी पर स्थापित चेक पोस्ट पर सीसी टीवी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया गया है

ज़िलाधिकारियों से कहा गया है कि वह इस निर्देश का अनुपालन पहली जून से कराना सुनिश्चित करें